उन्होंने कहा कि सरकार उद्योगों के साथ मिलकर आध्निक प्रौद्योगिकी के जरिये ऐसे उत्पादों के निर्माण पर काम कर रही है जो उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक अन्कूल किफायती और टिकाऊ हों प्रधानमंत्री उत्पादन से ज्डी प्रोत्साहन योजना पर उदयोग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग डी पी आई आई टी तथा नीति आयोग के वेबिनार को सम्बोधित कर रहे थे इस योजना की श्रूआत उत्पादन को बल देने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहन देकर विभिन्न क्षेत्रों में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए की गई है उत्पादन से ज्डी प्रोत्साहन योजना के महत्व को उजागर करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह विभिन्न उद्योगों के लिए आवश्यक तंत्र बनायेगी जिससे उनके उत्पादन और ग्णवत्ता में स्धार होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि यह योजना उद्योगों की निर्यात क्षमताओं को बढावा देने के साथ साथ रोजगार भी पैदा करेगी

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के डी आई पी स्कीम और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत दिव्यांजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता उपकरणों के वितरण समारोह में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री आलो लिबांग केंद्रीय सचिव शक्ंतला डीगामलिन सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे सामाजिक अधिकारिता शिविर में दिव्यांगजनों को व्हील चेयर स्मार्ट फोन केन ब्रेल किट डेजी प्लेयर और हियरिंग एड्स सहित उनके जीवन को आसान बनाने के लिए कई उपयोगी उपकरण प्रदान किया गया इस अवसर पर राज्यपाल ने शारीरिक और मानसिक रुप से दिव्यांगजनों के बेहतर भविष्य के लिए लोगों से सहभागिता की अपील की उन्होंने संबंधित मंत्रालय से मार्च दो हजार इक्कीस तक अरुणाचल प्रदेश में आर्टीफिशियल लिंब मेन्फेक्चरिंग एण्ड वेलनेस सेंटर के शिलान्यास के लिए त्वरित गति से आवश्यक प्रक्रिया को प्रा करने का सुझाव दिया

म्ख्य अतिथि के तौर पर शामिल हए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने पूर्वोत्तर एवं अन्य राज्य के प्रतिभागी कलाकारों की विविधतापूर्ण प्रस्त्तियों को सराहा और दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए मंत्रालय की सचिव शक्तला डीगामलिन के प्रयासो की प्रशंसा की इस मौके पर राज्यपाल डॉबीडीमिश्रा ने प्रतिभागी कलाकारों की तारीफ की और कहा कि वे ख्द पर भरोसा रखें राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता से जुड़े भारत सरकार एवं अरुणाचल सरकार के विभाग भविष्य में भी समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे कार्यक्रम को संबोधित करते हुए म्ख्यमंत्री पेमा खाण्डू ने आश्वस्त किया कि विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र में वह दिव्यांगजनों की समस्याओं के समाधान की दिशा में कदम उठाएंगे

ट्राइबल आईडेंटिटी म्वमेंट के तहत राज्य सरकार से अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ मुवमेंट एक्ट उन्नीस सौ अद्वहत्तर को समुचित तरीके से लागू करने की मांग की गई इस मुवमेंट का उद्देश्य राज्य की मूल जनजातियों के य्वाओं को सदियों से मनाए जा रहे अपने त्यौहारों में सक्रिय भागीदारी अपने परिधान रीति रिवाजों और बोली के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि वे जनजातीय पहचान को बचाए रखने की मुहिम को आगे बढ़ा सके

य्वाओं ने लोगों से जिले को स्वच्छ बनाएं रखने के लिए प्रशासन के साथ सहयोग करने और नियमित अंतराल पर स्वच्छता अभियान चलाने की अपील की